घरेलू कंपनियों और नयी घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कंपनी करों में बडी कटौती की गई है वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की आज की बैठक से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संवाददाता सम्मेलन में यह ऐलान किए अर्थव्यवस्था की रफ्तार और निवेश बढाने के लिए आयकर काननू में चालू वित्त वर्ष से बदलाव किया जायेगा

उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया को तेज गति देने के लिए आयकर विभाग में एक नया प्रावधान किया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कंपनी कर में कटौती की वित्त मंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया है

उन्होंने कहा कि इन कदमों से देश को निवेश के लिये बेहतर बनाने में मदद मिलेगी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कंपनी कर में कटौती का स्वागत किया और कहा कि यह साहसिक कदम है तथा अर्थव्यवस्था के लिये काफी सकारात्मक है

गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में मुख्य सचिव डीबीगुप्ता और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने भी भाग लिया बैठक के बाद श्री गहलोत ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने बैठक में अंतर्राज्यीय जल समझौतों के तहत राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी छोड़े जाने तथा राज्य की नहरों में दूसरों राज्यों से आने वाले प्रद्रषित जल को रोकने समेत अन्य मुद्दों को रखा उन्होंने बताया कि गृहमंत्री ने पानी के मुद्दे पर अलग से बैठक बुलाने को कहा है मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने भांखडा नागल प्रबंध बोर्ड में राजस्थान को सदस्य बनाने समेत कई अन्य मुददे उठाये

एक टवीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है

उन्होंने कहा कि टिड्डी दल को बाडमेर के निकट देखा गया है और उस पर कडी नजर रखी जा रही है केन्द्र राज्य सरकार के साथ मिलकर सुरक्षा के तमाम उपाय कर रहा है केन्द्र ने विशेषज्ञों का एक दल भी भेजा है जो वहां कैंप पर रहा है

दीक्षांत समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का सभी राज्यों ने स्वागत किया है और जल्द ही इस देश में लागू किया जायेगा

उन्होंने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों में हर वर्ग के कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जायेगा

दो दिन के इस सम्मेलन का उदघाटन सीबीडीटी सदस्य पी के दास ने किया इस सम्मेलन में टीडीएस संकलन में बढोतरी कर सरलीकरण तथा टीडीएस संकलन में आ रही समस्याओं को दूर करने पर मंथन किया जा रहा है पत्रकारों से बातचीत में श्री पी के दास ने बताया कि फेसलैस स्क्रूटनी पर तेजी से काम किया जा रहा है

वे ब्रंदी झालावाड बांरा और कोटा जिले के प्रभावित क्षेत्रों में हालात का जायजा लेंगे इस बीच आज आपदा राहत सचिव आशुतोष पेडनेकर कोटा पहचें वहां उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की झालावाड जिले में बरसात से मक्का और सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है जिला कलेक्टर ने बताया कि बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जायेगा उन्होंने बताया कि जिले में मकानों में हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लोगों को मुआवजा देने की कार्यवाही शुरू की जायेगी

करौली बांरा और ब्रंदी जिले में भी कई स्थानों पर बरसात की खबर है

विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि इसके तहत खेतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे

साथ ही उसे स्कूल आने और जाने का समय भी अंकित करना होगा स्कूलो में कार्मिकों की देरी से आने और जल्दी जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यह निर्णय किया है

इस युद्धाभ्यास में आतंकवादियों और राष्ट्रद्रोहियों के विरूद्व शहरी क्षेत्रों में कार्यवाही के विशेष तौर तरीकों का अभ्यास किया गया

जिला कलेक्टर नमित मेहता सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने पूनम स्टेडियम पर झण्डी दिखाकर साईकिल यात्रा को रवाना किया

पाली जिला प्रमुख की गांडी पर हमला करने के मामले में जैतारण पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया